प्रत्येक शनिवार और रविवार को पचपन घंटों तक लागू रहेंगे विभिन्न प्रतिबन्ध

कहा सर्विलांस टीम की सक्रियता से रोका जा सकता है कोरोना संक्रमण केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दिशानिर्देश जारी किये

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के दसवीं कक्षा के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे

प्रदेश में प्रत्येक सप्ताहान्त पर पचपन घंटों तक विभिन्न प्रतिबन्ध लागू रहेंगे यह साप्ताहिक बन्दी शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक रहेगी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि इस दौरान प्रदेश में सभी कार्यालय व्यावसायिक प्रतिष्ठान बाजार ग्रामीण हाट और गल्ला मण्डी बन्द रहेंगे समी आवश्यक सेवाओं वाली दुकानों और बैंकों को साप्ताहिक बन्दी से छूट दी गई है श्री अवस्थी ने बताया कि सप्ताह के शेष दिनों सोमवार से शुक्रवार तक सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बाजारों को सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक खोलने की अनुमति होगी उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थल सामाजिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य सम्बंधी प्रतिबन्धों का पालन सुनिश्चित करते हुए खुले रह सकते हैं राज्य में सभी औद्योगिक इकाईयों के संचालन को प्रतिबन्धों से मुक्त रखा गया है रेलवे और राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का परिचालन भी जारी रहेगा श्री अवस्थी ने कहा कि रेलगाड़ियों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था परिवहन निगम द्वारा की जाएगी

उन्होंने कहा कि सर्विलांस टीम की सक्रियता से कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन से बचाव के लिए लोगों को निरन्तर जागरूक किया जाए उन्होंने कहा कि मास्क के अनिवार्य उपयोग और सामाजिक दूरी के नियम के अनुपालन के लिए जागरूकता का कार्य पूरी गति से संचालित किया जाए लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी के दौरान चलने वाले स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान से कोरोना महामारी के अलावा संचारी रोगों को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि सभी मुख्य चिकित्साधिकारी संबंधित जनपदों के अस्पतालों के कार्यो का नियमित निरीक्षण करें मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण के सम्बंध में पूरी सतर्कता बरतने को कहा है उन्होंने तटबन्ध आदि का मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए पूरी सतर्कता बरतते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए उन्होंने गौ आश्रय स्थलों की साफ सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए गौवंश के लिए चारे की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं

केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी के बीच विद्यालयों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रज्ञाता के दिशा निर्देश जारी किये दिशानिर्देशों में छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्घारित किया गया है मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा प्रतिदिन तीस मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कक्षा एक से आठ तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन पैंतालीस पैंतालीस मिनट के दो सत्र से ज्यादा नहीं होंगे कक्षा नौ से बारह तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन पैंतालीस पैंतालीस मिनट के अधिकतम चार सत्र निर्धारित किए गए हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आज घोषित किए जाएंगे परीक्षा परिणाम वेबसाइट सीबीएसई रिजल्ट्स डॉट एनआईसी डॉट आईएन अथवा रिजल्ट्स डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर देखा जा सकता है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने के मामले में तेजी से प्रगति हो रही है और संक्रमित लोगों के मुकाबले स्वस्थ हुए लोगों की संख्या एक दशमलव आठ गुना ज्यादा हैं देश में कुल पांच लाख इकहत्तर हजार चार सौ साठ लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं देश में स्वस्थ होने की दर तिरसठ प्रतिशत से अधिक हो गई है फिलहाल देश में तीन लाख ग्यारह हजार पांच सौ पैंसठ संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि भारत में प्रति दस लाख पर छह सौ सत्तावन संक्रमित मामले हैं जबकि विश्व स्तर पर यह औसत एक हजार छह सौ अड़तीस है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक हजार छः सौ छप्पन नये मरीज मिले हैं जिसके बाद राज्य में कूल मामलों की संख्या उन्तालीस हजार सात सौ चौबीस हो गई है चौबीस हजार नौ सौ इक्यासी मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और बीमारी से अब तक नौ सौ तिरासी लोगों की मृत्यु हुयी है प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या तेरह हजार सात सौ साठ है प्रदेश के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने कल बलरामप्र और गोण्डा जनपदों के बाढग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया उन्होंने बलरामपूर जिले में रापी नदी पर बने चरगहिया तटबंध के मरम्मत कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी किया इस दौरान उन्होंने बाढ़ खंड के अधिकारियों को सभी कार्य जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया जल शक्ति मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष बारिश के दौरान यह क्षेत्र कटान से बह्त अधिक प्रभावित था और उन्हें प्रसन्नता है कि इस बार सरकार के प्रयासों से इस क्षति को रोका जा सका है क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार वाराणसी द्वारा कल एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया इस वेबिनार का विषय था कोविड नाइन्टीन संक्रमण की चुनौती सूचना सम्प्रेषण एवं आत्मनिर्भर भारत क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी डॉक्टर लालजी ने बताया कि इस वेबिनार के मुख्य वक्ता पूर्व कुलपति हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद के डॉक्टर राम मोहन पाठक ने कहा कि सांस और संचार का अट्ट रिश्ता है वेबिनार में पीआईबी के अपर महानिदेशक आरपी सरोज आरओबी के उपनिदेशक सुनील शुक्ल यूएनडीपी के डॉक्टर आकाश और आईआईए के राजेश भाटिया सहित कई लोगों ने विचार व्यक्त किये भारतीय रेल ने कोविड महामारी के बाद इस्तेमाल में लाए जाने वाले विशेष तरह के रेल डिब्बे बनाए हैं इन डिब्बों में बिना हाथ लगाए चलाने वाले उपकरण तांबे की परत वाले हैंडरेल और लैचेस प्लाज्मा एयर प्यूरीफिकेशन और टाइटेनियम डाईऑक्साइड की परत लगे उपकरण लगाए गए हैं यह व्यवस्था यात्रियों को कोविड के संक्रमण से बचाने के लिए की गई है रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह विशेष रेल डिब्बे कप्रथला स्थित रेल कोच फैक्ट्री में डिजाइन किए गए हैं कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र में दो तीन जुलाई की रात आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में शामिल पचास हजार रूपये के इनामी एक और आरोपी को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया उसकी निशानदेही पर पुलिस से लूटी गई एके सैंतालीस रायफल सहित अन्य हथियार बरामद कर लिये गये अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशान्त कुमार ने कल कानपुर में पत्रकारों को बताया कि शशिकांत उर्फ सोनू को कानपुर में चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया